मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान ने कहा कि डकैतों के आतंक से मुक्त हो चुके भिण्ड मुरैना में अब चंबल एक्सप्रेस वे जैसी परियोजनाओं के जरिए विकास के नए द्वार खुलेंगे भिंड और मुरैना में कल रविवार को जन आषीर्वाद यात्रा के दौरान जन सभाओं के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार चंबल क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी श्री चौहान ने कहा चंबल की इस माटी से भारत माता की सेवा करने के लिए अनेक जवान निकले हैं आगे भी ऐसे ही सैनानी निकलें इसके लिए भिण्ड जिले में सैन्य स्कूल की स्थापना जल्द होगी उन्होंने कहा पहले जो भिण्ड मुरैना डकैतों के आतंक से भयभीत था अब उन बीहड़ों में डकैत नहीं हैं अब बीहड़ में चंबल एक्सप्रेस वे से विकास का नया मार्ग खुलेगा चंबल के विकास में भाजपा सरकार कोई कमी नहीं रखेगी

जन आषीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित भाजपा के अनेक नेता मौजूद रहे

बाँध में कुल सात द्वार होंगे

इससे एक हजार परिवार विस्थापित होंगे जिनके पुनर्वास के लिये पास के गाँवों में व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं

श्रावण मास के पहले सोमवार को तमाम मंदिरों में आज सुबह से ही विषेष प्रजा अर्चना का दौर षुरु हो गया सभी जगह षिव मंदिरों में विषेष अनुष्ठान चल रहे है श्रद्धालू जल और विल्ब पत्र अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी करने की कामना कर रहे है प्रदेष के प्रमुख मंदिरों भोजपुर षिवमंदिर खजुरोहो के मतंगेष्वर उज्जैन के महाकालेष्वर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्दालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है इस दिन शिवमंदिरों में विशेष प्रजा अर्चना की जायेगी खण्डवा के ओंकारेश्वर ज्यातिर्लिंग में श्रद्धालुओं का पहंचना शुरू हो गया है यहां आज ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जायेगा श्रावण मास में शिवभक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ की गई हैं वहीं आज उज्जैन में महाकाल की पहली सवारी निकलेगी भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल विधिवत प्रजन अर्चना महाकाल मन्दिर के सभा मण्डप में होने के पश्चात पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते है यह सवारी क्षिप्रा नदी के रामघाट पर पहुॅचती है जहां जल से अभिषेक और पूजन अर्चना के बाद सवारी फिर तय मार्ग से होते हुए मन्दिर पहुंचेगी

उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधान सभा सचिवालय द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है इस सम्बंध में भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी ईवीएम जागरुकता भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देश पर प्रदेश भर में ईवीएम और वीवीपेट के प्रचार प्रसार हेतु जागरुकता वैन चलाई जा रही हैं राजधानी भोपाल में आज से दो अगस्त तक जागरुकता वैन भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में घूमेगी वाहन के साथ चल रहे मास्टर ट्रेनर द्वारा मतदाताओं को ईव्हीएम और वीवीपेट के संचालन और मतदान प्रक्रिया की जानकारी देंगे इसी तरह दतिया जिले में जागरूकता रथ के माध्यम से मतदाताओं को वीवीपेट मशीन के बारे में जानकारी दी जा रही है इन मशीनों की विशेषता यह है कि मतदाता को वोट डालते समय जिस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है उसकी क्रम संख्या उसका नाम और चुनाव चिन्ह की पर्ची सामने आएगी जिससे मतदाता यह देख सकेगा कि उसने जिस व्यक्ति को मत डाला है वह सही है सात सेकेण्ड दिखने के बाद पर्ची कट कर नीचे पेटी में चली जाएगी

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत किये जाएँ जिलास्तरीय कार्यक्रम में सफल उद्यमियों के अनुभवों के आदान प्रदान और विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जाए मौसम प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से जोरदार बारिश का दौर थम गया है बीते दिनों हुई बारिश ने कई स्थानों पर हरियाली ला दी है तो तालाबों का जलस्तर भी बढ़ गया है मौसम विभाग ने बताया कि अगले चौबीस घण्टों में प्रदेश के रीवा सागर शहडोल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर और ग्वालियर चंबल और जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है हमारे शिवपूरी संवावदाता के अनुसार अभी तक जिले में अच्छी बारिश होने से हरियाली बढ़ी है और पर्यटन स्थलों में भी रौनक आ गई है यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं जिले में इस साल अभी तक चार सौ अड़तीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है जो बीते साल से अधिक है वहीं राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाये हुए है और मौसम खुशगवार है

पन्ना टाइगर रिजर्व में कल अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया